एक द्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा ने लॉकडाउन अवधि बढाने की मीडिया में आई खबरों का खंडन किया पत्र सूचना कार्यालय ने यह भी कहा कि यह अफवाह है और मीडिया ने अपनी खबरों में दावा किया था कि लॉकडाउन का समय समाप्त होते ही सरकार इसे बढा देगी

प्रत्येक ग्रृप में प्रधानमंत्री कार्यालय और केंबिनेट सचिवालय से एक वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे ये समूह योजनाए बनाएंगे और समयबद्ध ढंग से उन्हें लागू करने के आवश्यक उपाय करेंगे

स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों में कुछ व्यवहार संबंधी मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे भी सामने आए हैं इसे देखते हुए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नाय तंत्र विज्ञान संस्थान ने परामर्श के लिए टोल फ्री सेवा शुरू की है

आज आई जांच रिपोर्ट में जोधप्र में ईरान से आये एक कोरोन्टाइन व्यक्ति में भी कोरोना संकमण पाया गया

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान सेवा में शिथिलता बरतने के आरोप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के चार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है इनमें से दो को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है जबकि शेष को नोटिस देकर जवाब मांगा है

प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने बताया कि केन्द्र के निर्देशानुसार विभिन्न राज्यों को जाने वाले श्रमिक जहां है वहीं रेहेंगे